दरभंगा की ज्योति पासवान समेत अन्य पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान कल सुबह नौ बजे झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इस बार कोविड के कारण समारोहों में आम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे उनके संबोधन को हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके बाद उनका अभिभाषण अंग्रेजी में भी सुना जा सकता है दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद इसके बाद प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी से रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित होगा आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैथिली अनुवाद रात साढ़े नौ बजे से सुना जा सकता है प्रदेश के अठारह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है इनमें से पांच पूलिस कर्मियों को वीरता पदक दो को विशिष्ट सेवा पदक और ग्यारह को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश त्रिपाठी को विशिष्ट सेवा पदक तथा पुलिस निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मेधावी और प्रदीप कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है वहीं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश राठी राजीव रंजन और सुशांत कुमार सरोज तथा सिपाही कामनी देवी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है बल्कि इससे देश का भविष्य तय होता है राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले वर्ष बिहार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्ण संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदार उदाहरण है साउंड बाईट कोविड महामारी के दौरान विहार विधानसभा जम्मू कश्मीर व लदाख में सफल एवं सुरक्षित चुनाव का सम्पन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समय अनुकूल उपाय किए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले पचहत्तर वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है इस मौके पर केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई एपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि नई तकनीक के इस्तेमाल से काफी सुविधा मिली है और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के सशक्तीकरण के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है साउंड बाईट आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इमप्लिकेशन को समझता हूं कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है

चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कन्डक्ट को कितने आदर से मनवा लिया ईवीएम की चर्चा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है परन्तु यह तथ्य है कि इसने सभी राजनीतिक दलों को ताकत दी है कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ई एपिक कार्यक्रम एक नई शुरूआत है श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर भारतीय को समर्पित है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए राज्य को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया राज्य के मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने यह सम्मान ग्रहण किया बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार के साथ साथ पूर्णिया रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमार को मरणोपरांत और पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा को भी सम्मानित किया किया गया पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिये सम्मानित किया गया कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नवाचारी उपाय की श्रेणी में विशेष प्रस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा मतदाता जागरुकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए जीविका को भी सम्मानित किया गया है इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में पिछले वर्ष सम्पन्न विधानसभा च्रनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रस्कृत किया गया मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह को सम्मानित किया इसके साथ ही पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल पश्चिमी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदाता जागरूकता के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की है आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये युवा पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये प्रस्कार केवल एक उदाहरण हैं कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे

इतनी कम उम्र में भी आपके काम हैरान कर देने वाले हैं कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रौशन कर रहा हैं कोई तो अमी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है आपमें से ही कल देश के खिलाड़ी देश के वैज्ञानिक देश के नेता देश के बड़े बड़े सीओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहल्ली गांव निवासी और बाल पुरस्कार विजेता ज्योति पासवान के साथ भी बातचीत की लॉकडाउन के दौरान ज्योति अपने बीमार पिता को साईकिल पर बिठकार गुरूग्राम से अपने गांव लेकर आयी थी इस कारण उसके साहस की काफी सराहना हुआ थी आकाशवाणी से बातचीत में ज्योति पासवान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से जुड़कर काफी खुश हैं

आठ महीने के बाद राज्य में कोविड के सौ से कम मामले दर्ज किये गये हैं आज सबसे अधिक उनतालीस मामले पटना जिले से दर्ज किये गये वहीं गया से दस मामलों की पुष्टि हुई है बीस जिले से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है प्रदेश के चिन्हित टीकाकरण केन्द्रों पर आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके दिये गये इससे पूर्व राज्य में लगभग छिहत्तर हजार लोगों को टीके दिये गये थे स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीका लेने वालों में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है भागलपुर से मधुबनी के जयनगर के बीच आज से ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है भागलपुर स्टेशन पर स्थानीय सासंद अजय कुमार मंडल और मंडल रेल प्रबंधक यतेन्द्र कुमार ने संयुक्त रुप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया इस ट्रेन के शुरू हो जाने से मिथिलांचल और पूर्वी बिहार के यात्रियों को सुविधा होगी अतरी से राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को गया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है वर्ष दो हजार तेरह में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमिरक यादव की हत्या के मामले में ये सजा सुनायी गयी है पिछले दिनों अदालत ने कूंती देवी को इस मामले में दोषी ठहराया था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जायेगा आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकतम तापमान अब भी सामान्य से कम है

वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने ट्रक पर लदी चार सौ कार्टन शराब बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर कल बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा

दरभंगा की ज्योति पासवान समेत अन्य पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद